राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ बावन लोगों ने कोरोना को दी मात तीन सौ पैंतालीस नए मामले आए सामने सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा का बुलाया जाएगा विशेष सत्र प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा खूंटी जिले में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या तीन आरोपी गिरफ्तार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

राज्य सरकार ने एक दिन में अधिकतम चालीस जमीन और फ्लैट के दस्तावेज की निबंधन की सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है अब निबंधन कार्यालय में जितने भी आवेदक आएंगे उनके जमीन फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी निबंधक महानिरीक्षक विश्ना भाल ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हए सरकार ने हर दिन चालीस जमीन फ्लैट की संख्या निर्धारित कर दी थी लेकिन स्थिति सामान्य होता देख इसे वापस ले लिया गया है हालांकि निबंधन कार्यालयों में कोरोना से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग समेत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ बावन लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं तीन सौ पैंतालीस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा चार संक्रमितों की मौत भी हो गई इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ दो संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई जबकि रांची से ही सर्वाधिक बिरान्बे नए कोरोना संक्रमित भी मिले हैं इसके अलावा रांची से दो लोहरदगा और देवघर में एक एक संक्रमित की मौत हो गई इस तरह पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है पूरे राज्य में अबतक एक लाख पांच सौ उनहतर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें चौरान्बे हजार तीन सौ छब्बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पांच हजार तीन सौ तिरसठ संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं आठ सौ अस्सी लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर तिरान्बे दशमलव सात नौ प्रतिशत पहुंच गई है जबकि मृत्यु दर शून्य दशमलव आठ सात प्रतिशत है देश ने कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है

झारखंड में पहली बार सेवा लोक अदालत का का आयोजन छब्बीस नवंबर को किया जाएगा इस लोक अदालत में नौकरी करने वालों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा सेवा लोक अदालत में लगभग पंद्रह हजार से अधिक मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए संभावित लोगों से आवेदन मांगे गए हैं भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ चौधरी झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं

राज्य सरकार सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी दुमका और बेरमो विधानसभा उपच्नाव होने के बाद विशेष सत्र के लिए तारीखों की घोषणा की जाएगी इस विशेष सत्र में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा गौरतलब है कि सरना धर्म की मांग विभिन्न आदिवासी संगठन लगातार करते आ रहे हैं इस सिलसिले में उनके द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है

वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में बताया कि वी वी पैट मशीनों में गड़बड़ी की बहुत कम सूचनाए मिलीं और मशीनों को तत्काल बदल दिया गया

खूंटी जिले के सायको थाना क्षेत्र के कुदा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है मृतकों में माता पिता और उनका पुत्र शामिल है पुलिस ने पिछले इक्कीस दिनों से लापता इन तीनों के शव को एक नदी के किनारे गड्ढे से निकाल लिया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार मोहाली ने बताया कि हत्या के तीन आरोपियो को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है

आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चौलेंजर्स बैंगलोर को पांच विकेट से हरा दिया

आज द्बई में चैन्नई सुपरकिंग्सु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

इसके अलावा उपभोक्ता वाटर यूजर चार्ज भी जमा कर सकेंगे बारह अगस्त से टैक्स वसूलने का काम बंद पड़ा था

दो अक्टूबर से चल रहे इस अभियान के तहत लगभग चौबीस हजार पशुओं का टीकाकरण क्या जाना है

दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रदूषित होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है जबकि दैनिक भास्कर ने खूंटी जिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की डायन बिसाही के आरोप में हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है नगर विकास विभाग द्वारा रांची स्मार्ट सिटी के कमांड एण्ड कम्यूनिकेशन सेंटर के संचालन को लेकर बुलाई गई बैठक की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है